प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई उपाय किये है आज देहरादून मे आयोजित पहले उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उदघाटन करते हए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है और सरकार ने कर व्यवसथा में सूधार किया जाकि वो अधिक आसान और पारदर्शी बन सके उन्होंने कहा कि बैकिंग सिस्टम को भी राहत मिली है जीएसटी के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार किया है जिसने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया और टैक्स वेल्थ बढ़ाने में बहत बड़ी मदद की है

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण चिक्तिसा के क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़े है चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में देश विदेश के निवेशकों के लिए सर्वोतम माहौल बना हआ है परसों रोहतक जिले के सांपला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सोनीपत पहंच कर कार्यकर्ताओं और लोगों को बताया कि ये एक ऐतिहासिक दिन है जब छोटू राम जैसे नेता की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत करने आ रहे है श्रीसिंह ने बताया कि दीनबंध् सर छोट्र राम की प्रतिमा का अनवारण श्री मोदी अपने कर कमलों से करेंगे बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी दलों को आने का निमत्रंण दिया गया है क्योकि सर छोटू राम किसी एक दल से ज्ड़े हुए व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे किसानों के मसीह थे

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सांपला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायज़ा लिया वे पहले छोटू राम संग्रहालय परिसर पहंचे और अधिकारियों से चर्चा की सी एम ने स्टेडियम में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर सांपला में लोगों में उत्साह है

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने सोनीपत में पदयात्रा करके जन जन तक सरकार की कल्याणकारी नीतियां पहचाते हए परसों सांपला गढ़ी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाले समारोह का निमत्रंण दिया जनसभा की जानकारी देते हुए उन्होंने बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया पद यात्रा का नेतृत्व करते हए कविता जैन व राजीव जैन ने विभिन्न स्थानों पर लोगों की सभाओं को भी सम्बोधित किया

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी संबंधित उपायुक्तों तथा विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे रबी फसल की बिजाई से पहले पहले जलभराव क्षेत्रों से शत प्रतिशत पानी निकासी का कार्य प्रा कर लें ताकि किसानों को रबी की फसल की बिजाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि वे बरसात की वजह से बहत ही अधिक प्रभावित हए क्षेत्रों का दौरा करें और सही स्थिति की समीक्षा करें

बैठक में हिसार घग्गर ड्रेन को घग्गर नदी में डायवर्ट करने का भी स्झाव दिया गया ताकि जलभराव क्षेत्रों से पानी निकासी तेजी से हो सकें

सोनीपत जिला के राई में इस यूनिवर्सिटी खोलने की सभी प्राथमिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पैरालम्पिक खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाडियों के बराबर प्रस्कार दिए जा रहे है इसके अलावा खेलक्ंभ आयोजित करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अधिक से अधिक युवाओं की खेल में सहभागिता स्निश्चित की जा रही है

श्री विज ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए श्रेणी एक दो व तीन में तीन प्रतिशत नौकरियों का प्रावधान किया गया है जबकि चत्र्थ श्रेणी में खिलाड़ियों को दस प्रतिशत आरक्षण् उपलब्ध करवाया गया है

इसमें तीन स्वर्ण दो रजत और छ कांस्य पदक शामिल है रूप के कज़ान मे आयाजित होने वाली बर्ल्ड स्क्लिस ओलपिंक में हरियाणाभारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए तैया है सभी विजेता एवं हरियाणा कौशल विकास मिशन की टीम हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविदयालय और कौशल एवं औदयोगिक प्रशिक्षण विभाग के साथ औदयोगिक भागीदारों को इस उपलब्धि के लिए सरकार ने बधाई दी गई है पंचक्ला के रहने वाले छ वर्षीय आरूष जैन ने राष्ट्रीय रिकार्डस्थापित किया और द इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस में अपना नाम दर्ज करवाया है

इस बच्चे ने अपने दिमागी कौशल से पांच सितम्बर को द इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस के हेड आफिस में निर्णायक मंडल दवारा प्रछे गए सभी शब्दों का सही तरीके से उत्तर देकर यह रिकार्ड सथापित किया